प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत स्वतंत्रता के पचहत्तरवें वर्ष यानि दो हजार बाईस में जी टवेन्टी शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि दो हजार बाईस में भारत जी ट्वेन्टी शिखर सम्मेलन में विश्व का स्वागत करने को उत्सुक है प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के नेताओँ को भारत आने का न्यौता दिया

उस समय विश्व के सभी लीडरशिप भारत आये और इसलिए हमने इटली से रिक्वेस्ट की थी कि अगर इक्कीस की बजाए बाईस अगर भारत को मिलता है और मैं इटली का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने हमारी रिक्वेट को स्वीकार किया दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा अगले वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब भारत महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती मना रहा होगा तब गणतंत्र दिवस समारोह में श्री रामाफोसा का मुख्य अतिथि के रूप में स्वागत करने पर उन्हें गर्व होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुंगेर और लखीसराय में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री ने आज लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के माणिकपुर गांव में लगभग सौ करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाली वृहत सिंचाई योजनाओं का शिलान्यास किया इससे लगभग चौबीस हजार हेक्टेयर खेतों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा सकेगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव और टोले तक बिजली पहंचाने का लक्ष्य दिसंबर दो हजार अठारह से पहले ही पुरा कर लिया गया है वहीं मूख्यमंत्री ने मूंगेर में मूंगेर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का उदघाटन करते हुए कहा कि राज्य में जल्द ही तकनीकी अध्ययन संस्थान खोले जाएंगे इससे राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काफी विकास होगा मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मुंगेर विश्वविद्यालय के विकास में पूरा सहयोग प्रदान करेगी इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार पूरे बजट के बीस प्रतिशत राशि को शिक्षा के विकास पर खर्च कर रही है

इन कार्यक्रमों के दौरान जल संसाधन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह शिक्षा मंत्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार और उद्योग मंत्री जयकुमार सिंह भी उपस्थित थे केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि वर्तमान समय में देश के विभिन्न हिस्सों में मिट्टी जांच के लिए दस हजार लैब बनाये गये हैं श्री सिंह ने आज बांका में आयोजित किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों को सिर्फ तीन रुपये में मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है वहीं प्रदेश के कुषि मंत्री प्रेम कमार ने कहा कि मुख्यमंत्री बागवानी मिशन कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस में लगभग बयालीस करोड रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है श्री क्मार ने कहा है कि मुख्यमंत्री बागवानी मिशन कार्यक्रम का आयोजन बागवानी फसलों जैसे फल सब्जी फूल और मसाले के साथ औषधीय तथा सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है सुनील अरोड़ा ने आज भारत के नये मूख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है

श्री रावत का कार्यकाल पिछले दिनों समाप्त होने के बाद श्री अरोडा को नया मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था श्री अरोड़ा सितंबर दो हजार सत्रह से निर्वाचन आयुक्त के तौर पर काम कर रहे थे मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में श्री अरोड़ा का कार्यकाल ढाई वर्षो का होगा श्री अरोड़ा ने कहा है कि उनकी पहली प्राथमिकता देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष च्रनाव कराना है जोनल आईजी नय्यर हसनैन खान ने रोहतास जिले में कैदी वाहन में छेद कर फरार होने की योजना बनाने वाले नक्सलियों के खिलाफ पूलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है गौरतलब है कि सासाराम जेल में बंद नक्सली अभय यादव शंभू शीतल और अजय खरवार ने कल डेहरी कोर्ट में पेशी के दौरान कैदी वाहन से फरार होने की योजना बनाई थी जिसे पुलिस ने विफल कर दिया था मूजफ्फरपूर के मेडिकल कॉलेज में एक महिला कैदी के साथ गैंगरेप के मामले में महिला आयोग और मुजफ्फरपुर पूलिस ने जांच शुरू कर दी है जांच टीम में महिला आयोग की अध्यक्ष दिलमणि मिश्र के साथ सदस्य मंजू कुमारी नीलम सहनी अंजू कुमारी और विनीता कुमारी शामिल है महिला बंदी से पूछताछ के बाद टीम ने मामले को संदिग्ध बताया है लेकिन अभी कई बिन्दुओं पर और जांच की बात कही गयी है उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडु ने कहा है कि भारत में शिशु और नवजात देखभाल की स्थिति में सूधार हुआ है उन्होंने कहा कि नवजात मृत्यू दर घटाने के और प्रयास किए जाने चाहिए श्री नायड् ने आज चेन्नई में एक अस्पताल का उद्घाटन करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत दस करोड़ परिवारों को चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराने की शुरूआत की है उन्होंने कहा कि इससे मातृत्व और शिश् स्वास्थ्य मानकों में सुधार आएगा श्री नायड् ने कहा कि देश के ग्रामीण और द्रदराज के इलाकों में आम आदमी को किफायती स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र को सरकार के साथ भागीदारी करनी चाहिए पांच किलो वाला रसोई गैंस सिलेंडर अब उपभोक्ताओं को आसानी से मिल सकेगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने इस संबंध में एक नई योजना शुरू की है जिसके तहत उपभोक्ताओं को बिना पहचान पत्र के भी गैस सिलेंडर मिलेगा कॉरपोरेशन ने एक टवीट के जरिये जानकारी दी है कि ग्राहक अपने शहर में इंडेन के किसी भी वितरक या प्वांइट ऑफ सेल पर पैसा जमा कर पांच किलो का रसोई गैस सिलेंडर खरीद सकते हैं प्रदेश के बिजली उपभोक्ता अब मोबाइल एप के माध्यम से भी बिल का भूगतान कर सकते हैं

एप डाउनलोड करने के बाद उपभोक्ता इसमें अपना मोबाइल नम्बर और इमेल आईडी डालकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इसके बाद बिल भूगतान विकल्प को चूनकर बिजली बिल डाउनलोड कर सकते हैं वहीं इस एप से बिजली बिल का भूगतान करने पर काउन्टर की तरह उपभोक्ताओं को रसीद भी प्राप्त होगी राजधानी पटना सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सात दिसम्बर के बाद ठंड का असर बढ़ने की संभावना है सुबह के समय हवा में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण पटना और आसपास के इलाकों में हल्की ठंड महसूस की जा रही है मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सुबह में कोहरा और धूंध छाया रहेगा आज भागलपुर जिले का सबौर प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा जहाँ का न्यूनतम तापमान दस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया प्रदेश में शराब कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने आज वैशाली बेगूसराय लखीसराय अररिया सारण और शेखपुरा से भारी मात्रा में शराब के साथ सात लोगों को गिरफ्तार किया है बोधगया के महाबोधि मंदिर में दस दिवसीय अंतरर्राष्ट्रीय त्रिपिटक सुत्त पाठ को लेकर आज धम्म यात्रा निकाली गई

पाठ को लेकर बोधिवक्ष के आसपास अलग अलग देशों के भिक्षुओं के लिए पंडाल बनाए गए है अरवल जिले में मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत अब तक दो सौ पचास से अधिक छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया गया है अररिया जिला प्रशासन की ओर से सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम मे आकाशवाणी और द्रदर्शन के कलाकारों ने देशभक्ति के कार्यक्रम प्रस्तुत किये मुजफ्फरपुर जिले के आम्रपाली स्टेडियम में नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने आज खादी फैशन शो का उद्घाटन किया पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मध्रेश प्रसाद ने आज खगड़िया व्यवहार न्यायालय गोगरी अनुमंडल न्यायालय और मंडल कारा का निरीक्षण किया अररिया जिले में आयोजित अट्टाईसवें जिला क्रिकेट लीग के उद्घाटन मुकाबले में अररिया स्टाइल मार्क ने जेनीथ पब्लिक स्कूल को दो सौ अठहतर रनों से पराजित कर दिया इस मुकाबले में जिले की चौबीस टीमें हिस्सा ले रही हैं